केन्द्र ने पवन हंस लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिये नये सिरे से बोली दस्तावेज़ जारी किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की शहरी संपदाओ में रिक्त पड़े सभी भ्खंडो के कलेक्टर रेट निर्धारित करने के लिये कमेटी का गठन करने को कहा है प्र्व म्ख्यमंत्री भ्पेन्द्र सिंह हडडा ने चंडीगढ और सतल्त यम्ना नहर पर प्रदेश का हक जताते हये कहा कि चंडीगढ़ बारे करण दलाल दवारा दिये गये बयान से कांग्रेस पार्टी इतफाक नहीं रखती लोकसभा ने रेल मंत्रालय की चालू वित्त वर्ष के लिये अन्दान सम्बधी मांगो को मंजूरी दे दी है अन्दान मांगो पर बहस का जवाब देते हये रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा उन्होंने पिछली यूपीए सरकार की न्क्ताचीनी करते हूये कहा कि च्नाव में जीत को ध्यान मे रख्कर पहले रेलवे बजट की घोषणा की गई थी उन्होंने कहा कि सरकार ने रेल यात्रियों की स्रक्षा को प्राथमिकता दी है

उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालय ने एलएचबी कोच का निर्माण श्रू किया है उन्होंने कहा कि अगर रेलवे मे स्विधाओं का बढ़ाना है तो वह पब्लिक प्राईवेट हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करके स्वाभविक रूप से निवेश करेंगे

इसके अलावा ओएनजीसी ने भी पवन हंस में शेयरों के उसी मूल्य नियम और शर्तो पर अपने हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंहने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से भैंट की और इस क्षेत्र को नशे के प्रकोप से म्क्त करने के लिये उत्तरी राज्यों के म्ख्यमंत्रियों की अगली बैठक में मेज़बानी करने की पेशकश की एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि श्री मनोहर लाल व कैप्टन अमरिन्दर के बीच आधे घंटे तक चली बैठक सौहार्दपूर्ण रही दोनों नेताओं ने य्वाओं में व्याप्त नशे की समस्या को समाप्त करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिये कड़े कदम उठाने का संकल्प लिया

श्री मनोहर लाल ने आज की बैठक में बताया कि यद्यपि नशे की समस्या पंजाब में हरियाणा से अधिक चिंताजनक है पर वर्तमान सरकार ने इसके द्वप्रभाव बारे जागरूकता लाने के लियेकई कदम उठाये है उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्रीश्री मनोहर लाल की पहल पर गत वर्ष अगस्त में नशे का प्रकोप चूनौतियां व रणनीतियां विषय पर छ राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें देश के उत्तरी क्षेत्र में नशे के प्रकोप से संयुक्त रूप से निपटने के लिये मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई थी

उस दिन आरोप पत्र पर बहस की जायेगी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पादाओं में रिक्त पड़े सभी रिहायशी अथवा अन्य श्रेणी के भूखंडों के कलेक्टर रेट निर्धारित के लिए एक उचित मूल्य निर्धारण कमेटी का गठन करने के निर्देश दिये है मुख्यमंत्री आज प्राधिकरण के निदेशकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

पूर्व म्र्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा का है और कांग्रेस पार्टी विधायक करण दलाल द्वारा हरियाणा की राजधानी बारे दिये गये वक्तव्य से इतफाक नहीं रखती श्री हडडा ने कहा कि हरियाणा के गठन से पहले चंडीगढ़ अबाला जिले का हिस्सा था

सतल्त यम्ना लिंक नहर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर समिति स्तर बारे उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एसवाईएल मामले में हरियाणा के हक में फैसला दिया है और केन्द्र को इसे लागू करवाना है उन्होंने कहा कि म्ख्यमंत्री मनोहर लाल को उन्हे इस म्द्दे पर प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और हरियाणा के हक को जो पानी है वे उसे लेकर रहेंगे रोहतक प्लिस ने हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के पद पर भर्ती कराने के नाम पर लाखों रूपये ठगने वाले गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है आरोपी आवेदन करने वाले य्वाओं को फोन कर भर्ती के लिये रूपयों की मांग करते थे फिर लाखों रूपये लेकर आवेदनकर्ता को फर्जी चयन पत्र भैज दिया जाता था प्लिस अधीक्षक राहल शर्मा ने बताया कि रोहतक के माड़ोघी निवासी सोम कटारिया की फर्जी चयन पत्र के बारे दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ किया था गहन जांच के बाद मोबाइल नंबरों पर उपलब्ध विस्तृत जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को काब् किया गया

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह स्रजेवाला ने हरियाणा के कालेजो मे चल रहे ऑन लाइन दाखिलों की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हये कहा है कि य्वाओं को मेरिट के आधार पर दाखिले नहीं मिल रहे है उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से पांच पांच कालेजों में आवेदन लेकर भारी फीस वसूली जा रही है

उन्होंने कहा कि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है क्यूंकि छात्र का एक कालेज की मेरिट लिस्ट मे नाम आज जाता है तो बाकी के चार कालेज की मेरिट सुची मे उसका नाम नहीं डाला जाता चाहे उसके अंक उनके कालेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों से अधिक हो

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला ने आज ये दोनों गाड़ियां अग्निशमन केन्द्र को सौंपते हये कहा कि शहर मे फायर बिग्रेड की संख्या अब छ हो गई है